मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश को कर्ज में डूबोने के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना के मुआवजे का निर्धारण होने पर प्रभावितों को सरकार जारी करेगी राशि जनजातीय इलाकों में हिमपात व अन्य क्षेत्रों में वर्षा और ओलावृष्टि से कड़ाके की सर्दी कई स्थानों पर सम्पर्क मार्ग अवरूद्ध

इस दौरान स्कूल और कॉलेजों में चल रही परीक्षाओं पर कोई रोक नहीं होगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में कोरोना वायरस पर विशेष वक्तव्य देते हुए यह ऐलान किया

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस का एक भी सत्यापित मामला सामने नहीं आया है

इनमें से किसी में भी कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं हुई है मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मगुरू दलाईलामा से मिलने आने वाले लोगों पर भी सरकार की पूरी नजर रहेगी इसके लिए गग्गल एयरपोर्ट पर विदेशों से आने वालों की स्क्रीनिंग की जा रही है

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही ऋण लिए हैं और आगे भी इसी सीमा में ऋण लिए जाएंगे उन्होंने ऋण लेने को प्रदेश की मजबूरी भी करार दिया जयराम ठाकुर ने माना कि विश्व व्यापी आर्थिक मंदी से हिमाचल की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने जवाब के बीच ही सदन से वाकआउट कर दिया

उन्होंने बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनओं को लेकर विपक्ष के आरोपों को भी सिरे से नकारा मुख्यमंत्री ने विभिन्न उपलब्धियों को भी गिनाते हुए कहा कि सरकार द्वारा आरंभ की गई कल्याणकारी योजनाओं को लोगों ने स्वीकारा है

यह चर्चा साढ़े पंद्रह घंटे चली

कांग्रेस के सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए यस बैंक में सरकारी विभागों और राज्य के बैंकों द्वारा जमा करवाए गए पैसे की जांच की मांग की उन्होंने इसे न दिखने वाला भ्रष्टाचार करार दिया सुखविन्द्र सुक्खू ने एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने की भी मांग की

कांग्रेस सदस्य जगत सिंह नेगी ने बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि जयराम सरकार कार्यकाल के पूरा होने तक एक लाख करोड़ रूपए का कर्ज छोड़कर जाएगी

विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक राजेंद्र राणा के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुआवजे का निर्धारण किए जाने पर सरकार प्रभावित परिवारों को मुआवजा राशि जारी करेगी

शेष भूमि का प्रयोग परियोजना के निर्माण के बाद जलभराव के लिए किया जाएगा

मौसम प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात और निचले क्षेत्रों में वर्षा व ओलावृष्टि से लोगों को मार्च महीने में भी कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और किन्नौर सहित चम्बा कुल्लू व शिमला जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से रूक रूक कर हो रहे हिमपात से शीतलहर बढ़ गई है लाहौल स्पीति में अनेक स्थानों पर संपर्क मार्ग अवरूद्व है और संचार व विद्युत आपूर्ति बाधित रहने से लोगों की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हालांकि बिजली बहाल करने के प्रयास जारी है किन्नौर जिले में राष्ट्रीय उच्च मार्ग पांच पर पांगीनाला के पास चट्टाने गिरने से मार्ग अवरूद्व हो गया है जिसे खोलने के प्रयास जारी है चंबा जिले में भारी वर्षा व हिमपात से कई मार्ग अवरूद्ध हैं जिससे लोगों को कठिनाई हो रही है इधर राजधानी शिमला में भी तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हुई है वहीं सोलन सहित निचले जिलों में ओलावृष्टि व तेज वर्षा से किसानों की नकदी फसलों सहित गेहूं की फसल को काफी नुक्सान पहुंचा है मौसम विभाग के अनुसार आगामी चौबीस घंटों के दौरान ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात जबकि निचले व मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा की संभावना है

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और पार्टी के प्रदेश प्रभारी मंगल पांडेय कार्यकर्त्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे